विधेयकों के पारित होने से इस पर कोई असर नहीं होगा

विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे है

पंजाब के खेल मंत्री ने कहा कि इससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहते हये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकारी खरीद निर्बाध जारी रहेगी फिर से आश्वासन दिया है कि विधेयकों के पारित होने से इन पर किसी भी तहर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि मंडियो में खरीद जारी रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में तकनकी और संरचनात्मक विकास की जरूरत है और कृषि विधेयक बेहतर उपकरणों का प्रयोग कर किसानों उनकी पैदावार बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे श्री मोदी ने भारत के किसानों को भरोसा दिलाया कि केन्द्र का लक्ष्य किसानों की सेवा करना और भावी पीढियों के लिए एक मजबूत कृषि उदयोग का निर्माण करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि को नवीनतम तकनीक की अत्याधिक जरूरत है जो मेहनती किसानों की सहायता करती है श्री मोदी ने कहा कि अब विधेयक पारित होने से किसानों की भविष्य की तकनीकों तक आसानी से पहंच लेगी जिसेस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे उन्होंने कृषि से बिचौलियों को हटाने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला उन्होंने उदयोग कहा कि कई दशकों से किसानों को बिचौलियों द्वारा परेशान किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र मे बदलाव लाना और किसानों को बेहतर जीवन के लिए सशक्त बनाना है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कृषि विधेयकों को लकर किसान दो गूटों में बंट गये है कल यहां कुछ किसान संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हो वहीं किसान संगठन रतिया इलाके मे कृषि विधेयक के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और कृषि विधेयकों का समर्थन किया लघ् सचिवालय में मार्च के समापन पर मीडिया से बातचीत में किसान नेताओं ने कहा कि ये विधेयक किसानों के पक्ष में है और किसान वर्ग को इनका विरोध नहीं करना चाहिए उन्होंने ये विधेयक पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी जताया हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देगी डा बनवारी लाल आज रेवाड़ी जिले के गांव भगवानप्र में विकास कार्यो का उदघाटन क बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि तीनों विधेयकों प्री तरह किसान हित में है और विपक्ष भोले भाले किसानों को अपने राजनीतिक हित के लिए वरगला रहे है उन्होंने सभी किसान भाईयों ने दीनबंध् छोटू की उस बात को याद करने का आग्रह किया जिसमें उन्होंने किसानों से अपना द्श्मन पहचानने का आह्वान किया था उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग केन्द्र सरकार के विधेयकों को लेकर भ्रम फैसला रहे है वे किसानों के वास्तविक द्श्मन है सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकर ने कृषि सम्बधित जो तीन विधेयक पारित किये है उसे लेकर किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे न तो मंडी खत्म होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मुल्य खत्म होगा बल्कि इससे किसान अब मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और मंडी में जो मार्किट फीस देनी पड़ती पड़ती थी अब वह नहीं देनी होगी इसलिए यह विधेयक पूरी तरह से किसानों के हक है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता बार बार किसान की फसल भविष्य में समर्थन मूल्य पर न बिकने का झूठ बोल रहे है उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के कार्यकाल में हर मौसम में फसल का दाना दाना समर्थ्न मूल्य पर खरीदा गया है और अब पहली अक्तूबर से बाजरे की खरीद शुरू हो रही है पंजाब के खेल एवं य्वा सेवाओं बारे मंत्री राणा ग्रमीत सिंह सोडी ने कहा है कि दुनिया में प्रतिभावान और शिक्षित पेशेवर प्रबंधकों की मांग बढ़ी है किन्त् पेशवर खेल प्रबंधनक पैदा करने के लिए अकादमिक क्षेत्र में बहत कम प्रयत्न हये है श्री सोडी आज भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में दो वर्षीय खेल प्रबंधन स्नातकोतर डिपलोमा कोर्स शुरू होने के मौके पर आयोजित उदघाटन् समारोह मे ऑन लाइन माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे इस समारोह में शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अत्ल वासन सेवाम्क्त भारतीय भारतोलक करणम मलेश्वरी और अन्य प्रम्ख हस्तियों की उपस्थिति में कोर्स मे दाखिल हये विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हये श्री सोढी ने कहा कि खेलों के क्षेत्रों में द्रनिया में ला मिसाल तरक्की की गई है और अब खेल जगत की कई क्षेत्रों में विस्तार हो च्का है जिससे खेल क्षेत्र मे बड़े स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे है उन्होंने कहा कि इसमें मनोरज़न मीडिया निर्माण और प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल है उन्होंने भारतीय संसथान की इस कोर्स को श्रू करने के लिए प्रशंसा करते हये कहा कि अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी ऐसे कोर्स श्रू करने चाहिए ताकि खेल प्रबंधन को रोज़गार के तौर पर अपना सके खेल मंत्री ने इस बात पर ख्शी प्रकट की हरियाणा की महिलाओं पर्दे के पीछे से निक्ल कर खेल क्षेत्र में राज्य के लिए नाम काम रही है फोगाट बहनों का विशेष तौर पर जिक्र करते हये श्री सोढी ने कहा कि पहलवानी जैसे जो क्षेत्र केवल प्रूषों के लिए ही माने जाते थे इन बहनों के मिथ को तोड़ते हये अंतर्राष्ट्रीय म्काबलों में हरियाणा का नाम रोशन किया उन्होंने कहा कि इस खेल प्रबंधन कोर्स से खेल भाईचारे और उभरते खिलाड़ियों को नई प्ररेणा और उत्साह मिलेगा

हरियाण में आज कई जिलों में आशिंक तौर पर स्कल ख्ल गये है राजकीय कन्य वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय की प्राचार्य सिरसा में जसबीर कौर ने बताया कि आज एक एक कक्षा में दस दस छात्राओं को ब्लाया जिनक जिनके अभिभावकों ने अपनी सहमति दी थी इन छात्राओं को अध्यापकों द्वारा अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आधे आधे घंटे का समय दिया गया उन्होंने बताया कि स्कूल में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया उधर भिवानी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय में कार्यरत अध्यापक प्रकाश सिंह ने बताया कि आज प्रवेश दवार पर पहले विद्यार्थियों और शिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और विभिन्न विषयों से सम्बधित शंकाओं के निराकरण के लिए अल्ग अलग समूह बनाकर छात्राओं से वार्तालाप किया गया पंचकुला के विदयालयों में भी विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई

पकड़े गए यूवक की पहचान खाजाखेड़ा निवासी नरेश क्मार के रुप में हई है

पकड़े गए य्वक की पहचान खजूरी जाटी निवासी सुनील के रूप में हई है उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर प्लिस रिमांड पर लिया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ज्लाई सितम्बर की तिमाही के दौरान भारतीय कंपनियों को कारोबार फिर से पटरी पर आ गया है क्योंकि सरकार ने आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों पर रोक हटा दी है